श्री मोदी ने कहा कि मीडिया न कोविड महामारी के बारे में जागरूकता फैलाकर तथा सरकार के कार्यों की विवेचना और उसकी योजनाओं की कमियों के बारे में बताकर जनता की अभूतपूर्व सेवा की है बाइट गरीबों को शौचालय देने वाला अनेक बीमारियों से बचने वाला स्वच्छ भारत अभियान हो माताओं बहनों को लकड़ी के धुरंए से बचाने वाली उज्ज्वला गैस योजना हो हर घर तक जल पहुंचाने के लिए चल रहा जल जीवन मिशन हो सभी में मीडिया ने जागरूकता बढ़ाने का काम किया है सकारात्मक काम किया है महामारी के इस दौर में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान में भी भारतीय मीडिया ने जनता की अभूतप्रर्व सेवा की है प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंस के जरिये जयपुर में पत्रिका गेट के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे श्री मोदी ने कहा कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग और लेखक पथ प्रदर्शक और शिक्षक होते हैं उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर बड़ा नाम लेखन से जुड़ा हुआ था बाइट किसी भी समाज में समाज का प्रब्ध वर्ग समाज के लेखक या साहित्यकार ये पथ प्रदर्शक की तरह होते हैं एक प्रकार से समाज के शिक्षक होते हैं स्कूली शिक्षा तो खत्म हो जाती है लेकिन हमारे सीखने की प्रक्रिया पूरी उम्र चलती है प्रतिदिन चलती है

उन्होंने कहा कि एक मकान के निर्माण के दौरान उसमें पुस्तकों के लिए भी अलग जगह रखी जानी चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को रोजाना कुछ न कुछ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए देश के प्राचीन साहित्य के महत्व के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जरूरी है कि आज के टेक्स्ट ट्वीट और गुगल गुरू के इस युग में नई पीढ़ी गंभीर ज्ञान से दूर न हो श्री मोदी ने कहा कि विश्व में भारत के उत्पादों के साथ भारत की आवाज भी ज्यादा सुनी जा रही है उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति अब और मजबूत हो रही है श्री मोदी ने कहा कि विश्व भारत की आवाज को अब और ध्यान से सुन रहा है

इसके स्थान पर बाजारों की साप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार रहेगी

उन्होंने कहा कि कंटनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल और रेस्टारेंट का संचालन शुरू किया जाये इन गतिविधियों में संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाये मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट जोन में सभी लोगों का कोविड टेस्ट कराने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेता और विधान परिषद सदस्य एसआरएस यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआरएस यादव के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में एक समर्पित समाजवादी खो दिया है प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के वरिष्ठ प्रलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित को निलम्बित कर दिया है निलम्बन की कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर की गई है गृह विभाग के अनुसार श्री दीक्षित अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में शिथिलता और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कंट्री डायरेक्टर के बीच आज लखनऊ में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये

पहले चरण में अलीगढ़ औरैया बांदा बिजनौर चन्दौली फिरोजाबाद इटावा गोरखपुर कन्नौज लखीमपुर खीरी लखनऊ मैनपुरी मिर्जापुर प्रयागराज सुल्तानपुर और उन्नाव को पहले चरण में दिया जा रहा है इस समझौते के माध्यम से तीन हजार से अधिक स्वयं सेवी समूहों की महिलाएं लाभान्वित होंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को इस एमओयू के बाद कार्य की कमी नहीं रहेगी

प्रदेश में लखनऊ प्रशासन ने फोन कॉल पर सेनिटाइजेशन की व्यवस्था शुरू की है

जिला अधिकारी ने अपने कार्यालय की दीवार पर पोस्टर लगाकर इस सेवा के संबंध में जागरूकता अभियान शुरू किया है किसी अपार्टमेंट किसी ऑफिस बाजार हो दुकान हो या ऐसी जगह हो जहां पर लोगों का आवागमन रहता हो तो ऐसी जगहों पर वो फ्री सेनिटाइजन की सुविधा दी जा रही है

शामली जिले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना गरीबों की जिंदगी में उजाला भरने का काम कर कर ही है इस योजना में जिले में स्ट्रीट वेंडरों को तेजी से लाभ दिलाया जा रहा है

योजना के लाभार्थियों ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उन्हें काफी लाभ मिला है

शामली के आदेश कमार ने बताया जो तीन माह लॉकडाउन रहा है उससे हमें बहुत लॉस हुआ है और जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है

हमनें अपना काम फिर से शुरू कर दिया है और हमें अब अच्छा लग रहा है

बनत के अमरजीत सिंह ने बताया तीन महीनें के लॉकडाउन में बहुत संकट आ चुका था

इससे बहुत दिक्कत हो रही थी परिवार में

अब हम इससे काम धंधा दोबारा से शुरू कर सकते है